सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर किसानों को बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया किसान संघों की ओर से बुलाये गये भारत बंद का झारखंड में मिलाजुला असर कई जिलों में नहीं दिखा बंद का असर और केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक स्वीकृति मिलने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की घोषणा की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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता बहत बढ़ी है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद मिली है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को वर्चअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यापारियों के लिए बेहतर व्यापार पहुंच जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई

उन्होंने कहा कि सभी गांवों को अगले एक हजार दिनों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसने न सिर्फ वैश्विक निवेश को आकर्षित किया बल्कि नौकरी के लाखों अवसर भी उपलब्ध कराए उन्होंने मोबाइल निर्माताओं से देश में उपलब्ध क्षमताओं का पता लगाने का अनुरोध किया और कहा कि वे निर्यात पर भी ध्यान दें उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग क्लाउड कम्प्यूटिंग डेटा एनालिटिक्स सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी की भारत में बड़ी सम्भावनाए है

शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां घ्सकर अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रही हैं और इनका किसानों के हितों से कोई लेना देना ही नहीं है हर कदम पर इनका पाखंड दिख दे रहा है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा कि राज्य के एक मंत्री ने किसानों की बड़ी योजना ही बंद कर दी तो दूसरे ने धान खरीदना ही बंद करा दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने राज्य सरकार के वित्त मंत्री के रूप में आदेश दे दिया था कि किसानों से नमी वाला धान न खरीदा जाए राज्य सरकार खुद धान नहीं खरीदेगी लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस केंद्र को नसीहत जरूर देती है उन्होंने क्रषि सह पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख के संबंध में कहा कि उन्होंने किसानों के हित में सडक पर उतरने की बात कही है लेकिन सरकार में आते ही किसानों के लिए चल रही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दी है किसान संघों की ओर से आज बुलाये गये भारत बंद का राजधानी रांची समेत राज्यभर में मिलाजुला असर देखा गया हालांकि कई जिलों में बंद का कम असर नहीं देखने को मिला नए कषि कानून के विरोध में रांची के अलबर्ट एक्का चौक से विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलुस निकाला किसान संघ की ओर से बुलाये गए भारत बंद का मिलाजुला असर चतरा में देखा गया यहां वाहनों की आवाजाही आम दिनों की अपेक्षा कम हई साथ ही टंडवा और पिपरवार कोयलांचल में भी ट्रांसपोर्टिंग बाधित रही जिससे करोड़ों रूपये के राजस्व का नुकसान हुआ कृषि कानुन के खिलाफ आयोजित भारत बंद का गिरिडीह में भी मिलाजुला असर देखने को मिला

सत्तारूढ़ दल झामुमो की अपील पर यहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वतः बंद रहे उधर कोडरमा में किसान कानून के विरोध में भारत बंद का मिलाजुला असर देखा गया

हालांकि बंद समर्थकों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी

भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ आज देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत चार से भी नीचे चला गया है

कोविड से मरने वालों की दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है

केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बडे पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा आज दोपहर बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पुरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बार्योटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्पादन करने वाली कम्पनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है भारत में छह संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीकाकरण सिर्फ राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें जनता की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए

उन्होंने बताया कि इनमें से दो टीकों का विकास अपने अंतिम चरण में है ये टीके हैं आई सी एम आर भारत बायोटेक का कोवैक्सिन और भारतीय सीरम संस्थान का कोवीशील्ड

श्री सोरेन ने आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि झारखण्ड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में पहचान मिली है इससे बाहर निकलना होगा उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरते बदल चुकी हैं इन जरूरतों के अनुसार नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना होगा उन्हें प्रोत्साहित करने एवं अवसर देने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिससे वे अपनी परेशानी साझा कर सकें और सरकार को उनकी परेशानियों के निवारण का अवसर मिल सके झारखण्ड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति की बैठक सभापति नीरल पूर्ति की अध्यक्षता में लोहरदगा के परिसदन में हुई बैठक में समिति द्वारा लंबित आश्वासनों तथा जिले के सरकारी आवासों के निर्माण मरम्मति एवं आवंटन संबंधी विचार विमर्श किया गया बैठक में लोहरदगा के उपायुक्त द्वारा जिले में भवन प्रमण्डल के अंतर्गत नये समाहरणालय भवन तृतीय और चत्र्थवर्गीय कर्मियों के लिए आवास निर्माण जिले में एक सदर अस्पताल के लिए नये भवन का निर्माण और डी टाइप आवासों की मरम्मती किये जाने की मांग समिति के समक्ष रखी गई बैठक में उपाय्क्त पुलिस अधीक्षक अनुमण्डल पदाधिकारी के आवासों की मरम्मती से संबंधित चर्चा की गई इसके साथ साथ कैरो और कुडू प्रखण्ड में स्वास्थ्य विभाग के दो अधूरे भवनों को भी पूर्ण कराये जाने की मांग रखी गई

जिला वन पदाधिकारी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर माईलबुरु जंगल के पास लकड़ी की तस्करी कर ले जा रहे एक डम्फर को रनियां रेंज की वन विभाग टीम र्न पकड़ा वहीं वन विभाग की खूंटी रेंज टीम ने सुबह साढ़े तीन बजे गौड़बेड़ा के पास अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को अपने कब्जे में किया

लकड़ी तस्कर ट्रक से तोरपा के रास्ते सखुआ बोटा रांची ला रहे थे

समाप्त